केन्द्र सरकार ने सर्दी खांसी और मधुमेह में इस्तेमाल की जाने वाली तीन सौ अट्ठाईस दवाओं की बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है इन दवाओं के सेहत के लिए नुकसानदेह माना जाता है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर इन दवाओं की बिक्री पर रोक लगायी गयी है बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तीन सौ अट्ठाईस दवाओं में फिक्सड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी की निहित सामग्री का कोई चिक्तिसीय औचित्य नहीं है और इससे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है राज्य में सत्तारूढ़ जदयू और भाजपा ने कहा है कि लोकसभा सीटों के बंटबारे को लेकर एनडीए में कोई विवाद नहीं है और समय पर सीटों का बंटवारा घटक दल मिल बैठकर तय कर लेंगे भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने बोधगया में कहा कि राज्य की सभी चालीस सीटों पर जीत का फार्मूला तय कर लिया गया है सीटों के बंटवारें पर कोई विवाद नहीं है उन्होंने कहा कि सही समय आने पर फैसला ले लिया जायेगा और इसकी घोषणा भी की जायेगी उधर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी स्पष्ट किया है कि सीटों के बंटवारें पर एनडीए में कोई विवाद नहीं है और मामले को शीघ्र सुलझा लिया जायेगा उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार में बिहार का तेजी से विकास हो रहा है श्री सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास बहस का कोई सार्थक मुद्दा नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बालू माफिया भूमि माफिया और अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा प्रलिस पर हमला को असहनीय बताते हुए कहा कि इन हमलावरों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई की जायेगी पटना में विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि कानून का राज स्थापित करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है और कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष दो हजार छह में बिहार में तीन तरह के थाने चिन्हित कर प्रत्येक थानों में रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था की गयी थी जो हर हाल में उपलब्ध होना चाहिए श्री कुमार ने कहा कि अपराधों की संख्या के साथ ही अपराध की प्रकृति का विश्लेषण किया जाना चाहिए पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र में सोन नदी में बालू के अवैध खनन की शिकायत मिलने के बाद पहुंची पुलिस पर बालू माफियाओं की ओर से फायरिंग की गयी इसके बाद पुलिस ने जबावी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की और ग्यारह बालू माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया गोलीबारी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस एससी एसटी एक्ट पर साजिश कर रही है और भाजपा इस साजिश को बेनकाब करेगी बोधगया में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कोई भी काम नहीं किया श्री प्रसाद ने कहा कि केन्द्र की एनडीए सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों के सामाजिक सशक्तीकरण और विकास योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यो की शुरूआत की है केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट ने कहा है कि मृत सरकारी सेवक की विधवा पुनर्विवाह के बाद भी परिवारिक पेंशन की हकदार होगी कैट ने यह आदेश दिल्ली निवासी रेणु गुप्ता के मामले की सुनवाई के दौरान दिया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा दो हजार उन्नीस के लिए परीक्षा फार्म भरने की तिथि घोषित कर दी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि मैट्रिक के लिए चौदह सितम्बर से फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी स्कूल प्रशासन चौदह से अठारह सितम्बर तक परीक्षार्थियों को रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ परीक्षा फार्म डाउनलोड करके देंगे इसके बाद उस परीक्षा फार्म को भरा जायेगा यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्नीस से पच्चीस सितम्बर तक बिहार बोर्ड के पोर्टल पर आवेदनों को अपलोड किया जायेगा उन्होंने कहा कि इंटर के परीक्षार्थियों को रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ परीक्षा फार्म डाउनलोड करके बीस से पच्चीस सितम्बर के बीच कॉलेज और स्कूल प्रशासन द्वारा दिया जायेगा इसके बाद स्कूल और कॉलेज प्रशासन पच्चीस सितम्बर से एक अक्टूबर तक परीक्षा फार्म बिहार बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वार्षिक परीक्षा दो हजार उन्नीस के लिए मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का फार्म सेंटअप परीक्षा के पूर्व भरवाया जा रहा है राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि कृषि और पशुधन देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं पटना में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पश्धन का विकास होने से गरीबों का भी आर्थिक सशक्तीकरण होगा राज्यपाल ने कहा कि बिहार पश् विज्ञान विश्वविद्यालय को देशी नस्ल की गौ पश्ओं की नस्ल के सुधार की दिशा में तेजी से कार्य करना चाहिए तथा आवश्यक शोधकार्य भी होने चाहिए स्टेट बैंक आफ इंडिया ने खाताधारकों के लिए कैश जमा करने की सीमा हटा दी है अब ग्राहक नन होम ब्रांच में भी मनचाही राशि जमा करा सकेंगे एसबीआई ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है आईआईटी पटना का दीक्षांत समारोह आज ज्ञान भवन में आयोजित किया जायेगा कार्यक्रम में तीन सौ छात्र छात्राओं को बी टेक एमएसएसी एमटेक और पीएचडी की उपाधि प्रदान की जायेगी कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत तीन गछिया बाजार समिति के पास पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वहीं सीतामढी जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र में भारी मात्रा शराब जब्त की गयी है मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अंतर जिला वाहन लूटेरे गिरोह के दो अपराधी को गिरफ्तार किया है उन्नीस सितम्बर से गुजरात में खेले जाने वाले विजय हजारे चैम्पियनशिप के लिए पन्द्रह सदस्यीय बिहार क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गयी है भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य प्रज्ञान ओझा की कप्तानी में बिहार का पहला मुकाबला नागालैंड से होगा पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पन्द्रह और सोलह सितंबर को होने वाली तीसवीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगता में एक सौ सत्ताईस सदस्यों वाली बिहार की टीम हिस्सा लेगी बिहार एथलेटिक एसोसिएशन के सचिव लियाकत अली ने यह जानकारी दी दक्षिण कोरिया के सनचियोन में अठारह से पच्चीस नवंबर तक आयोजित होने वाली तृतीय विश्व जूनियर सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भारतीय टीम के चयन शिविर में बिहार के छह खिलाड़ी हिस्सा लेंगे सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन ऑफ बिहार के महासचिव धर्मवीर कुमार ने बताया कि चयन शिविर मध्यप्रदेश क देवास में सोलह से अठारह सितम्बर तक चलेगा प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून एकबार फिर सक्रिय है मौसम विभाग के अनुसार अगले एक दो दिनों में राजधानी पटना समेत राज्य भर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है विभाग ने अगले पांच दिनों के लिए जारी पूर्वानुमान में कहा है कि प्रदेश के दक्षिण पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है दैनिक हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा कि हिंसा और पुलिस पर हमला बर्दाश्त नहीं दैनिक जागरण ने कल आये भूकम्प को सुर्खी बनाते हुए लिखा है बिहार समेत देश के कई राज्यों में हिली धरती दैनिक भास्कर ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी भूपेन्द्र यादव के उस बयान को प्रमुखता दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि हर घर हर वोटर तक पहुंचेगी भाजपा प्रभात खबर की सुर्खी है ग्रामीण बसावटों को जोड़ने में बिहार को पहला स्थान